इस बीच उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने आज नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोविड टीके की दूसरी खुराक लगवाई श्री नायडू ने उन सभी लोगों से जल्दी ही कोरोना का टीका लगवाने की अपील की जो पात्र श्रेणी में शामिल है

केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए कोविड टीकाकरण का अब से कोई नया पंजीकरण नहीं होगा स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ अपात्र लाभार्थी टीकाकरण के लिए इस श्रेणी में अपने नाम पंजीकृत करा रहे हैं जो नियमों का उल्लंघन है उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस श्रेणी में पहले से पंजीकृत कर्मियों का टीकाकरण शीघ्र पूरा करने को कहा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक कर इस संबंध में निर्देश दिए उन्होंने कहा कि गृह विभाग जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा श्री गहलोत ने बैठक में कोविड टीकाकरण की गति को बढाने के लिए कहा प्रदेश के सभी जिले एक बार फिर कोरोना संकमण के दायरे में आ गए है

इस बीच प्रदेश में कोविड के प्रति जागरूकता लाने और कोविड दिशा निर्देशों की पालना के लिए प्रशासन सतर्कता बरत रहा है भरतपुर में आज कोरोना जागरूकता साईकिल रैली निकाली गई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार के दौरान पॉलिथीन और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग कर इको फ्रेंडली पदार्थों का इस्तेमाल करने की अपील की है जालौर जिले में आज सुबह कार और ट्रक की टक्कर में कार में सवार चार लोगों की मृत्यु हो गई और दो लोग घायल हो गए मृतक और घायल सांचोर निवासी बताए जा रहे है पुलिस मामले की जांच कर रही है उधर झुन्झुनू के सदर थाना क्षेत्र में एक गाड़ी के अनियंत्रित हो जाने से एक नर्सिग छात्रा की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य छात्राएं घायल हो गई केन्द्र सरकार ने वस्तु और सेवाकर जीएसटी स्कीम के तहत तिमाही रिटर्न भरने वालों के लिए कर भूगतान को अधिक आसान बना दिया है अब करदाता प्रत्येक तिमाही के अंतिम महीने में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही संबंधी एनवायस की घोषणा भी कर सकेंगे ईस्टर का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में रविवार को ईस्टर का पर्व मनाया जाता है

उन्होंने कहा यह पर्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशी शांति और नई उर्जा का संचार करता है प्रदेश में कल से नया पश्चिमी विक्षोम सक्रिय होगा मौसम विभाग के अनुसार इसका असर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर नागौर जोधपुर बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर और चूरू जिलों में रहेगा